न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने मध्यस्थता से विवादों के निपटारे के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने की ज़रूरत पर दिया बल प्रदेश में बागवानी विकास के लिए सरकार तैयार करेगी कार्य योजना शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव कल से राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे शुभारम्भ

उन्होंने ये जानकारी आज कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में लोहार लाहड़ी उठाऊ पेयजल योजना के लोकार्पण अवसर पर दी

इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने कांगड़ा जिले के जंदराह में निशुल्क बहुद्देशीय चिकित्सा शिविर का भी शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को मज़बूत करने के लिए प्रयासरत है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग को सिरमौर जिले के पेयजल समस्या वाले गांवों में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं नाहन में आज जन सुनवाई कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हुई है वहां टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जाए बिंदल ने कहा कि भीषण गर्मी पड़ने से अनेक जलस्रोत सूखने लगे हैं जिसके चलते पानी की समस्या हो रही है उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याएं गम्भीरता से लेने और इनके समय पर निपटारे के निर्देश दिए प्रणाली केन्द्र सरकार ने दिल का दौरा पड़ने के बाद रोगियों की तत्काल देखभाल के लिए कुशल प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है

कुरियन सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने मध्यस्थता से विवादों के निपटारे के कार्यक्षेत्र को और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत पर बल दिया है वे आज कुल्लू में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र रैफरल व मध्यस्थता प्रक्रिया विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मध्यस्थता से मामले निपटाने से जहां न्यायालयों में दबाव कम होगा वहीं लोगों को सुलभ व सस्ता न्याय घरद्वार के समीप उपलब्ध होगा न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने कहा कि आज के इस सम्मेलन का उद्देश्य त्वरित न्याय के प्रति लोगों को जागरूक करना है

उन्होंने कहा कि जल्द मांगें पूरा न करने की स्थिति में संगठन द्वारा आंदोलन और तेज किया जाएगा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 आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह योग लोकेटर एप मानचित्र आधारित स्थान का पता लगाने वाला अनूठा ऐप है सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सड़क नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है इससे जहां किसान अपने उत्पाद मण्डियों तक पहुंचा सकेंगे वहीं लोगों को भी आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी राजीव सैजल आज कसौली क्षेत्र में धर्मपुर से काटल चावला संपर्क सड़क के उद्घाटन के बाद एक जनसभा में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि कसौली क्षेत्र में सड़कों के विस्तार को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है और आने वाले समय में इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा महेन्द्र सिंह बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार बागवानी विकास सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी एक बयान में उन्होंने कहा कि ये कार्य योजना कृषि से संबंधित मौसम की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बागवानी अधिकारियों की योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में पौधों का विकास भी सुनिश्चित किया जाएगा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसानों की मांग और क्षेत्र के मौसम को ध्यान में रखते हुए नर्सरियां विकसित की जाएंगी बागवानी मंत्री ने बताया कि सरकार बागवानों को उनकी फसल के लाभकारी दाम प्रदान करने पर भी बल दे रही है अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम से कांग्रेस न तो विचलित हुई है और न ही परेशानी में है एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़ा हुआ संगठन है और पार्टी विचारधारा व जमीनी स्तर पर काम करते हुए मजबूती प्राप्त करेगी अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सभी को साथ लेकर चलने की है और देश के विकास व अखण्डता के लिए काम करना पार्टी की पहल रही है उन्होंने कहा कि पार्टी की मज़बूती के लिए कार्यकर्ताओं के सुझावों को भी लागू किया जाएगा

इनमें राजकीय विद्यालय गेहड़वीं में करीब डेढ़ करोड़ रूपए से बनने वाले विज्ञान भवन की आधारशिला शामिल है इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झंडूता विधानसभा क्षेत्र का एक समान विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है और अनेक विकास कार्य इलाके में शुरू किए गए हैं

इसमें देशभर से आए रागी जत्थों ने संगतों को गुरूवाणी से निहाल किया इस दौरान उन्होंने सभी से गुरू नानक देव जी के आदर्शों पर चलने का आहवान किया सर्व सांझी गुरमत कमेटी के अध्यक्ष तलविंदर सिंह सबरवाल ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी समुदाय के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोना है

उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत उत्सव का विधिवत शुभारम्भ करेंगे

निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक देवासेन नेगी ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए पुराना बस स्टैंड से लक्कड़ बाजार संजौली होते हुए दो बसें पुराना बस स्टैंड तक चलेंगी वहीं दो बसें पुराना बस स्टैंड से छोटा शिमला की ओर चलेंगी मैहली और ढली के लिए भी बस सुविधा उपलब्ध रहेगी श्याम सरन नेगी देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में भारी बहुमत से बनी सरकार से जनता को काफी उम्मीदें हैं

एक बयान में उन्होंने कहा कि इस फैसले से इन क्षेत्रों के बेरोज़गार युवाओं को घरद्वार पर ही तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के अवसर मिल सकेंगे मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर बाद से मौसम ने करवट ली है इन क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी शिमला के अलावा कुल्लू कांगड़ा सहित कुछ अन्य भागों में हल्की वर्षा हुई है हालांकि राज्य के मैदानी इलाकों में अभी भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है